सीबीआई ने अरबों रूपये के चर्चित सुजन घोटाले में भागलपूर के तत्कालीन जिलाधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद यादव सहित दस लोगों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है श्री यादव अभी पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग में विशेष सचिव के रूप में पदस्थापित हैं उन पर बारह करोड़ बीस लाख रूपये से अधिक की राशि के गबन का आरोप है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में कोई बच्चा नहीं मारा गया है सीबीआई ने कहा कि फोरेंसिक जांच से पता चला है कि वहां पाए गए कंकालों में से एक महिला और एक प्ररूष का था प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएबोबड़े ने सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट स्वीकार कर ली न्यायालय ने दो अधिकारियों को जांच दल से अलग होने की अनूमति भी दे दी सीबीआई की तरफ से पेश एटॉर्नी जनरल केकेवेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि दुष्कर्म और अन्य आरोपों की जांच की गई और संबंधित अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की कथित हत्या की बात कही जा रही थी बाद में वो जीवित मिले श्री वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई ने बिहार में सत्रह शेल्टर होम के मामलों की जांच की है और उनमें से तेरह के मामलों में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है बाकी चार की आरंभिक जांच की गई और सब्रत नहीं मिलने पर उन्हें बंद कर दिया गया पटना में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी विनायक सिंह ने आज पटना की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया न्यायालय ने उसे चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है इस मामले के दो अन्य आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक समेत नौ कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है निलंबित कर्मियों पर नोटबंदी के समय पुराने नोटों के गबन का आरोप है केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में मंगा लिया जाए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएबोबड़े न्यायमूर्ति बीआरगवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केंद्र की इस याचिका पर दस जनवरी को सुनवाई होगी केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय नहीं मंगाई गईं तो समस्या पैदा होगी क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालय अलग अलग विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके अलावा वकीलों को भी अदालती कार्यवाही के लिए अलग अलग राज्यों में चक्कर लगाने होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले वित्त वर्ष के केन्द्रीय बजट के लिये लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस संबंध में माई गव डॉट इन पर सुझाव भेजने का अनुरोध किया है केंद्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किये जाने की संभावना है नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया इस सिलसिले में बेतिया में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने लोगों को इस कानून के प्रावधानों के विषय में जानकारियां दीं वहीं पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से अधिनियम के समर्थन के लिये प्रदेश के अलग अलग जिलों में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है इधर जमुई जिले के सदर प्रखंड में मनिअड्डा गांव से भाजपा की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये गांव चलो अभियान की शुरूआत की गयी इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश महामंत्री राधामोहन शर्मा ने किया मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले दो दिनों तक बारिश हो सकती है दक्षिण पश्चिम हिस्सों में इसका अधिक प्रभाव देखा जायेगा राजधानी पटना समेत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज हल्की बूंदाबांदी हुई मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक आनंद शंकर ने बताया कि अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी जिसके बाद एक बार फिर से न्यूनतम तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी इधर आठ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा इसके बाद गया भागलपुर और सुपौल प्रदेश के सबसे ठंडे शहर रहे पटना का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया देशभर के दस ट्रेड यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों और सरकार की नीतियों के विरोध में बंद का मिलाजुला असर देखा गया सबसे अधिक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बंद समर्थकों ने कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात बाधित किया और दुकानों को भी बंद करवाया मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने तीन लोगों की हत्या कर दी पहली घटना ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के ज्ञान लोक मोहल्ले की है जहां अपराधियों ने घर में घुसकर एक दंपति की हत्या कर दी वहीं नगर थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड पर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी इधर सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर घायल कर दिया वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के हकीमपुर रजिया के पास पुलिस ने सड़क किनारे रखे गये एक सौ अट्ठाईस कार्टन शराब को जब्त किया है वहीं गोपालगंज जिले के बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की गयी है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर दस कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है जयनगर सकरी रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन की गति अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर सौ किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गयी है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने यह जानकारी दी राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और शिकायत के लिये टोल फ्री नम्बर एक शून्य चार जारी किया है इस नम्बर पर लोग कॉल कर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श ले सकते हैं साथ ही इस नम्बर पर चिकित्सा सुविधा संबंधी शिकायतें भी दर्ज करवायी जा सकती हैं मुंगेर जिले में पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र से दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर देशी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किया है शेखपुरा के जिला मत्स्य पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार वर्मा को तालाबों की बंदोबस्ती में गड़बड़ी के आरोप में पद से हटा दिया गया है उनके स्थान पर नालंदा के उमेश रंजन को नया जिला मत्स्य पदाधिकारी बनाया गया है इधर जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड प्रमुख बेबी देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से खारिज हो गया है कटिहार जिले में छह पैथोलॉजी सेंटर को अवैध करार दिया गया है सिविल सर्जन डॉक्टर एपी शाही ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर में वैध और अवैध पैथोलॉजी सेंटर की सूची चिपकायी गयी है खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के सलारपुर दियारा से पुलिस ने हथियारों के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ सताईस पर बस की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया पुलिस केन्द्र में आज दो सौ महिला प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गयी परेड का निरीक्षण मुख्य अतिथि चंपारण रेंज के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद और जिले की पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने किया